उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक का वैक्सिन पहुंचाने के तैयारी की जा रही है

एनडीए और महागठबंधन के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार अब प्रगति के पथ पर आगे बढ़ चुका है उन्होंने आरोप लगाया कि राजद के नेतृत्व में बिहार विकास के मामले में पीछे चला गया था

उन्होने दावा किया कि बिहार में एन डी ए आसानी से सरकार बनायेगी भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अरवल के मधुश्रवा और कैमूर जिले के रामगढ़ में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए सरकार में हर किसी का विकास हुआ है जबकि विपक्ष लोगों को बांटने की राजनीति कर रहा है जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिवान जिले के जीरादेई और रघुनाथपुर तथा गोपालगंज के भोरे विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित किया उन्होंने कहा कि राज्य में न्याय के साथ विकास के संकल्प पूरे हो रहे है श्री कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया है

श्री सुरजेवाला ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में लोग बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से परेशान हैं श्री यादव ने औरंगाबाद में कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो राज्य के दस लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जायेगा उन्होंने गया जहानाबाद और पटना जिले में भी चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि नियोजित शिक्षकों को समान काम का समान वेतन का लाभ उनकी सरकार देगी भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्या ने कहा कि राज्य में हर ओर पलायन की स्थिति है बिहार विधान परिषद् की शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की आठ सीटों के लिए चुनाव प्रचार आज समाप्त हो गया मतदान बाईस अक्टूबर को होगा जबकि बारह नवम्बर को मतगणना होगी जिन सीटों के लिए चुनाव होना है उनमें पटना दरभंगा तिरहुत और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र तथा पटना दरभंगा तिरहुत और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उनसठ प्रत्याशी मैदान में हैं जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से तैंतालीस उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या चार लाख सात हजार आठ सौ नवासी है वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चालीस हजार चार सौ तेरह मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा दस प्रतिशत बढ़ा दी गयी है केंद्र ने निर्वाचन आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है विधि मन्त्रालय ने इस सम्बंध में अधिसूचना जारी कर दी है अधिसूचना में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार अब पचहत्तर लाख रुपये और विधानसभा चुनाव में तीस लाख आठ हजार रुपये खर्च कर सकता है आयोग ने कहा था कि कोविड उन्नीस के मद्देनजर उम्मीदवारों को प्रचार में मुश्किलें आ रही हैं इसलिए उन्हें ज्यादा खर्च करने की अनुमति दी जाए जमुई जिले में जिला प्रशासन ने रन टू वोट मैराथन दौड़ का आयोजन किया चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए दौड़ का आयोजित की गयी थी

पिछले चुनाव में भाजपा ने सभी पार्टियों के उम्मीदवारों को चारों खाने चित करते हुए सभी सीटों पर कब्जा जमा लिया था इस बार भी भाजपा अपना वही प्रदर्शन दोहराना चाहेगी चौनपुर सीट से राज्य के मंत्री बृज किशोर बिंद फिर भाजपा प्रत्याशी के रुप में किस्मत आजमा रहे हैं

पार्टी ने मोहनिया और रामगढ से अपने मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है जबकि भभुआ की सीट पर भाजपा के विधायक आनंद भूषण पांडेय के निधन के बाद उनकी पत्नी रिंकी रानी पांडेय पार्टी की उम्मीदवार है रामगढ सीट पर मुकाबला रोचक होने के आसार हैं यहां से भाजपा के अशोक कुमार सिंह और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमा रहे हैं वहीं राजद के बागी और पूर्व विधायक अंबिका प्रसाद सिंह बहुजन समाज पार्टी से चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं

फिल्हाल सभी दलों के प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं आकाशवाणी समाचार के लिए भभुआ से ददनजी पांडेय हमारे संवाददाता ने बताया कि गया जिले की गया टाउन विधान सभा सीट पर इस बार रोचक मुकाबला है

राज्य के कृषि मंत्री से लेकर अन्य कई महत्वपूर्ण विभागों को प्रेम कुमार ने संभाला है वे आठवीं बार अपनी जीत का कीर्तिमान बनाने के लिए जी तोड मेहनत कर रहे हैं वहीं विपक्षी दल भी भाजपा के इस किले में सेंध लगाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं महागठबंधन की ओर से यहां से कांग्रेस ने गया के उप महापौर अखौरी ओंकारनाथ को टिकट दिया है शहर की बढती आबादी और नागरिक सुविधाओं की पुरानी व्यवस्था के चलते लोग हर दिन लगने वाले भीषण जाम से बेहाल रहते हैं इस बार के चुनाव में शहर के लिए यह प्रमुख मुद्दा है आठ निर्दलीय के मुकाबले में खडे होने से इस बार उम्मीदवारों की संख्या बढ गयी है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और पप्पू यादव के नेतृत्व वाले जन अधिकार पार्टी ने भी इस सीट से अपने उम्मीदवार उतारे हैं आकाशवाणी समाचार के लिए गया से कमल नयन प्रदेश में अठहत्तर विधानसभा क्षेत्रों में तीसरे और अंतिम चरण के चुनाव के लिए पर्चे भरने का काम आज समाप्त हो गया है आज मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट से नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने भाजपा के टिकट पर नामांकन किया जबकि कुढ़नी विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक केदार गुप्ता ने नामांकन किया है कटिहार जिले के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र से मंत्री स्वर्गीय विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन का पर्चा दाखिल किया है वहीं जिले के मनिहारी विधानसभा क्षेत्र से जदयू के शंभु सुमन और बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र से लोजपा की संगीता देवी ने नामांकन पत्र भरा है नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी इधर वाल्मीकिनगर लोकसभा उपचुनाव के लिए भी नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन था इस सीट पर सात नवम्बर को तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा सीट के लिए मतदान कराया जायेगा विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिये नाम वापसी के बाद एक हजार चार सौ चौसठ उम्मीदवार चुनावी मैदान में है इस चरण में दरौली विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम चार और महाराजगंज में सबसे अधिक सत्ताईस उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं विधानसभा चूनावों से पहले कंटेन्मेंट क्षेत्रों में विशेष कोरोना जांच अभियान शुरू किया जाएगा संक्रमित रोगियों की पहचान के लिए प्रभावित क्षेत्रों में रैपिड एंटीजन कीट से जांच की जाएगी राज्य सरकार ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है अट्ठाईस अक्टूबर को होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले तेईस से पच्चीस अक्टूबर के बीच और दूसरे चरण में उनतीस से इकतीस तथा तीसरे चरण में दो से चार नवम्बर तक कोरोना जांच अभियान चलेगा राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है कोरोना से स्वस्थ होने की दर चौरानवे दशमलव एक सात प्रतिशत हो गयी स्वस्थ्य विभाग के जारी आंकड़ोग के अनुसार अब तक लगभग एक लाख चौरानवे हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं इधर विभिन्न जिलों से पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के एक हजार आठ सौ सैंतीस नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख छह हजार नौ सौ इकसठ हो गयी है डॉक्टर तन्मय तालुकदार ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत करते हुए कहा है कि धूम्रपान से भी कोविड उन्नीस के फैलने का खतरा है उन्होंने लोगों से सुरक्षित रहने और धूम्रपान के विरूद्ध जनमत तैयार करने का आग्रह किया है

ऐसे मरीज भी नहीं उन्हें तो खुद भी नहीं पता होगा कि वो कोरोना के वायरस कैरी कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति जो वातावरण में कीटाणु छोड़ेंगे और उनके साथ अगर कोई नॉन स्मोकर भी खड़ा है तम्बाकू का सेवन नहीं करता धूम्रपान नहीं करता उनको भी खतरा बढ़ जाता है इसलिए टाइम टू से नो टू स्मोकिंग आपके आसपास भी कोई स्मोक कर रहा है तो हम आवाज उठाएं और बोलें जी नहीं आप बीड़ी या सिगरेट बंद करें

इस मामले में वाहन समेत दो लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है